मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि करोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अब प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन प्रातः नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक बाजार खुलगे जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी

उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां भी शनिवार और रविवार को अपने यहां सेनिटाइजेशन का कार्य करें मुख्यमंत्री आज लखनऊ में सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी तथा बैंक शनिवार को खुले रहेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्य एक्सप्रेस वे डैम बाढ़ से संबंधित तटबंधों की मरम्मत के कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किये जायें बारिश के कारण कहीं भी जल भराव की स्थिति न होने पाये

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान सभी कार्यालय बाजार और अन्य संस्थान बंद हैं लेकिन सुरक्षित दूरी बनाये की शर्तों के साथ औद्योगिक गतिविधियां जारी हैं

सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन दिवसीय विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है जो कल तक जारी रहेगा

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने कोविड का अब तक सफलतापूर्वक मुकाबला किया है

कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है

सरकार के साथ साथ एक सौ तीस करोड़ की यह आबादी सभी राज्य सरकारें और एक एक व्यक्ति लड़ा है एक जन एक मन एक राष्ट्र के सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खडे हैं डटकर लड़ रहे हैं कहीं डर का माहौल नहीं है और मैं आज देश के गृहमंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सुरक्षाबलों का भी बहुत बड़ा योगदान है आज गुरुग्राम में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिसबलों के पौधारोपण अभियान में भाग लेते हुए श्री शाह ने कहा कि कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत जैसा विशाल देश इस महामारी से सफलतापूर्वक संघर्ष कर रहा है

वहीं प्रदेश में कोरोना के बारह हजार दो सौ आठ मामले सक्रिय और तेइस हजार तीन सौ चौंतीस मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है अब टेस्टिंग चालीस हजार प्रतिदिन हो गई है उन्होंने बताया कि राज्य के सत्रह मंडलों में पन्द्रह जुलाई तक डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है मुख्यमंत्री ने इस सर्वे कार्य की समीक्षा की है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में विकास की अनंत संभावनायें हैं प्रवासी भारतीयों की विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर इन्हें साकार किया जा सकता हैं प्रवासी भारतीयों से प्रदेश के विकास में रचनात्मक योगदान का आह्वान करते हुये उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने भारतीय जीवन मूल्यों को विश्व में एक अनुपम ब्रांड के रूप में स्थापित किया है

प्रदेश में उद्योगों के लिये सक्षम और अनुकूल वातावरण सूजित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश में दो लाख चालीस हजार औद्योगिक इकाइयों को लगभग उन्सठ सौ करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है उन्होंने कहा कि राज्य कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा साफ्टवेयर का एक अग्रणी निर्यातक है प्रदेश में गन्ना खाद्यान्न आलू एवं दूध के उत्पादन में अग्रणी है यहां खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के लिये अपार संभावनएं हैं प्रदेश सरकार ने विकास दुबे मामले की जांच के लिए एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकान्त अग्रवाल के नेतृत्व में यह आयोग गठित किया गया है जो दो माह के भीतर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा

आयोग कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस और विकास दुबे के बीच हुई मुठभेड़ और दस जुलाई को उस घटना की भी गहनता से जांच करेगा जिसमें विकास दुबे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था

इससे पहले कल सरकार ने विकास दुबे और उसके सहयोगियों से संबंधित मामलों की जांच के लिये एसआईटी का गठन किया है जो इक्तीस जुलाई से पहले अपनी रिपोर्ट देगा प्रदेश के विभिन्न इलाकों में टिड्डी दलों ने बडे पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचाया ह कृषि विभाग ने टिड्डियों के प्रकोप से बचने के लिए किसानों को जरूरी सलाह दी है सीतापुर जिले में कल पहुंचे टिड्डी दल ने वहां की चार तहसीलों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने मिलकर टिड्डी दल को खेतों में थाली ड्रम और अन्य आवाज करने वाले तरीके अपनाकर खेतों से खदेड़ दिया कृषि विभाग के अनुसार यह टिडडी दल हरदोई जनपद की तरफ से आया था और अब यह बहराइच जनपद की तरह चला गया है जहां किसानों को सतर्क कर दिया गया है एक टिड्डी दल उन्नाव जनपद के सफीपूर ब्लॉक में कल देखा गया जहां पर क्रषि विभाग ने इस पर कीटनाशकों का छिड़काव किया लखनऊ में भी आज दोपहर में टिड़डियों का दल आसमान में फैल गया